श्रीकांत बाल्दी इसके अलावा आवासीय तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे कार्मिक विभाग द्वारा कल देर सांय इस संबंध अधिसूचना जारी की गई

आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है इसके अलावा वे सूचना व जनसम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव भी होंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता को वर्तमान कार्यभार के अलावा वित्तीय आयुक्त अपील की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है वित्त विभाग के सचिव प्रबोध सक्सेना को राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले जनजातीय विकास व कृषि विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा को वर्तमान कार्यभार के अलावा राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है सरकार ने सी पालरासू को शहरी विकास और टीसीपी के सचिव का जिम्मा सौंपा है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को सचिव खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले लगाया गया है ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन को शहरी व नगर नियोजन विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है पोषण देशभर में सितम्बर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस वर्ष पोषण माह का उद्देश्य चलो अपनाएं पोषण व्यवहार निर्धारित किया गया है

इस कड़ी में राज्य में भी पोषण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने ने कल सोलन में इस संदर्भ बैठक आयोजित की उन्होंने कहा कि सोलन जिला में जन जन को पोषण के महत्व के विषय में अवगत करवाना जाएगा

गोविंद ठाकुर ने इस राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शत प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करने में मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित बनाना है

उन्होंने कहा कि मतदाता नैशनल वोटर्ज सर्विस पोर्टल एनवीएसपी पर ऑनलाइन अपने वोट से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने एनवीएसपी का मोबाइल वर्जन ऐप भी आरंभ किया है उन्होंने आग्रह किया कि सभी इस मोबाइल वर्जन को ऑनलाइन डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों में विधायकों के यात्रा भत्ते से जुड़ी खबरें प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला की सुर्खी है अकेल सिंघा ने किया विरोध माननीयों के यात्रा भत्ता बढ़ाने का बिल पास हिमाचल दस्तक के शब्द हैं सैर सपाटे पर चार लाख खर्च सकेंगे अब माननीय दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्य सचिव से ज्यादा वेतन चाहते हैं विधायक पंजाब केसरी का शीर्षक है माननीयों के यात्रा भत्ता बढ़ाने वाला विधेयक ध्वनिमत से पारित

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है बाल्दी हिमाचल के मुख्य सचिव संजय कुंडू मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव इसी ख़बर पर अमर उजाला लिखता है श्रीकांत बाल्दी नए मुख्य सचिव अब कुंडू देखेंगे सीएम ऑफिस

सौ इलैक्ट्रिक बसे खरीदेगा हिमाचल दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है मनी लॉड्रिंग से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है ईडी ने शिमला के नालदेहरा में रिजॉर्ट और फ्लैट किए जब्त

दैनिक भास्कर के शब्द है मनी लॉड्रिंग के लिए नालदेहरा का रिजॉर्ट किया जब्त सीबीआई ने तीन साल पहले दर्ज किया था मामला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

नमस्कार